राज्य में पिछले चौबीस घंटे में नौ सौ चालीस नये कोरोना संक्रमित मिले

इस दौरान कोरोना संक्रमित पंद्रह मरीजों की मौत हो गयी इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन सौ पैतीस हो गयी है वहीं कोरोना संकमण को मात देने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब इक्कीस हजार पच्चीस हो गयी है जबकि नौ हजार सात सौ अंठावन संक्रमितों का इलाज विभिन्न कोविड वार्ड में चल रहा है

राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर सड़सठ द ामलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है कोरोना पॉजिटिव झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिब् सोरेन को कल रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इससे पहले श्री सोरेन का दो दिनों से होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था लेकिन उम्र अधिक होने और कई बीमारियों से पीड़ित होने के कारण एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट तीसरी बार निगेटिव आयी है

इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है और अधिक जानकारी दे रहे है हमारे रामगढ़ संवाददाता

जांच पहचान और उपचार रणनीति के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि मरीजों का समय से पता लगाने उन्हें शीघ्र आइसोलेशन में रखने और प्रभावी उपचार करने तथा अधिक जांच होने से भी संकमण को फैलने से रोकने में मदद मिल रही है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

पद सुजन के प्रस्ताव को तैयार करने के मकसद से उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्क्रीनिंग सभिति के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होनेवाली स्क्रीनिंग समिति में निदेशक उच्च शिक्षा सदस्य सचिव होंगे इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालय के दो पूर्व कुलपति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के उप संचिव पद से उच्चतर पदाधिकारी संबंधित विश्वविद्यालयों के उप निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव बजट उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव विधि उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव स्थापना और रूसा के नोडल पदाधिकारी सदस्य् होंगे

मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए तीस मार्च और नौ जून को परामर्श जारी किया था इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य सम्बंधी दस्तावेज़ की वैधता तीस सितम्बर तक बढ़ाने की बात कही गई थी

इस निर्णय से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद भिलने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि उन्हेंन इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझावों की प्रतीक्षा है उन्होंने कहा कि लोग माईगव ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति भिलने के बाद ई एफआईआर थाना सृजन की प्रकिया भाुरू होगी ई एफआईआर थानों के सुजन का आधार आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल मोबाइल एप्प के माध्यम से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने से है ई एफआईआर के क्रियान्वित होने से आम नागरिकों को वाहन चोरी विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी सेंधमारी महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित कांड जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो ऐसे मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा से अनावश्यक कठिनाई से निजात भिलेगी ई एफआईआर की सुविधा से नागरिकों और पुलिस दोनों के बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी राज्य के लातेहार साहेबगंज गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एएचटीयू का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इन चार जिलों में एएचटीयू के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इन अधिसूचित थानों के कार्यक्षेत्र संबंधित जिला का संपूर्ण कार्यक्षेत्र होगा तथा इसमें एएचटीयू जिला के अन्य थाना क्षेत्र में अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामले भी पंजीकृत करने के साथ अनुसंधान भी किए जाएंगे इन इकाईयों द्वारा अवैध मानव व्यापार की रोकथाम रक्षा और अभियोजन के संधारण तथा अपराध एवं अपराधियों गिरोहों से संबंधित पूरा ब्योरा तैयार कर रखा जाएगा केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राज्य के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाना है इस सिलसिले में रांची खूंटी सिमडेगा लोहरदगा गुमला पलाम चाईबासा तथा दुमका जिले में एएचटीयू थाने कार्यरत हैं जबकि बाकि बारह जिलों में इसे खोलने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है

रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदे ाक डॉक्टर एसडी कोटाल ने बताया कि अगले पांच दिनों तक राज्य में मॉनसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है

इधर रांची जिला प्र ाासन की ओर से गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान भी चला जा रहा है

वहीं राज्य में बढ़ रहे लगातार कोरोना संकमण पर भी अपनी पैनी निगाह रखी है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर कोरोना से राज्य में पांच माह में चार लाख लोग हुए अवसादग्रस्त शीर्षक के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष प्रिाबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराये जाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने राज्य के बाइस जिलों में ई एफआईआर थाने खुलने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है दैनिक जागरण ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बाबा वासुकिनाथ मंदिर को खोलने के प्रस्ताव की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने मानव तस्करी पर अंकु ा को लेकर राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम को पहले पन्ने पर जगह दी है